सीतामढ़ी सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान तीन अपराधियों ने आज कुख्यात गैंगस्टर संतोष झा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी न्यायालय परिसर में हुई गोलीबारी में अदालत का एक कर्मचारी भी गंभीर रूप से घायल हो गया पुलिस अधीक्षक विकास बर्मन ने बताया कि तीन हमलावरों में से एक हमलावर को गिरफ्तार किया गया है और उससे प्रछताछ की जा रही है गिरफ्तार अपराधी की पहचान विकास महतो के रूप में की गयी उसने पूछताछ में कहा है कि संतोष झा गिरोह के अपराधियों ने उसके पिता की पांच वर्ष पहले हत्या कर दी थी बदले की कार्रवाई में उसने इस घटना को अंजाम दिया है इधर गोलीबारी से पूरे न्यायालय परिसर में अफरा तफरी मच गयी घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बलों को अदालत परिसर में तैनात कर दिया गया है गौरतलब है कि वर्ष दो हजार पन्द्रह में दरभंगा में एक निर्माण कंपनी के दो ईंजीनियरों की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा प्राप्त संतोष झा जेल में बंद था उसपर तीस से अधिक अन्य आपराधिक मामले चल रहे थे उसे एक मामले में पेशी के लिए सीतामढ़ी के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष लाया गया था इसी दौरान कक्ष के बाहर अपराधियों ने गोलीबारी कर उसकी हत्या कर दी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आज नई दिल्ली में बैठक हुई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह गृहमंत्री राजनाथ सिंह वित्तमंत्री अरूण जेटली भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता पार्टी मुख्यालय में आयोजित बैठक में भाग लिया सूत्रों के अनुसार बैठक में फैसला किया गया कि स्वच्छ भारत योजना के लक्ष्यों को निर्धारित समय में पूरा कर लिया जाए अड़तालीस हजार से अधिक गांवों में चल रही ग्राम स्वराज परियोजना के बारे में भी विचार विमर्श किया गया इस दौरान उज्ज्वला योजना जनधन योजना मुद्रा योजना प्रधानमंत्री आवास योजना और सौभाग्य योजना सहित केन्द्र प्रायोजित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में और तेजी लाने पर पार्टी नेतृत्व में जोर दिया पार्टी सूत्रों ने बताया कि बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि उनका मंत्रालय छह से आठ महीने में छह हजार रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने पर काम कर रहा है श्री गोयल आज नई दिल्ली में स्मार्ट रेल्वेज कनक्लेव में बोल रहे थे उन्होंने बताया कि इस समय देश के सात सौ से अधिक स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई सेवा उपलब्ध कराई जा रही है उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार फाइबर ऑप्टिक्स की सुविधा देश के द्रदराज के इलाकों तक पहुंचा रही है तो दूसरी ओर रेलवे अपने पूरे नेटवर्क के अंतर्गत प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहा है श्री गोयल ने कहा कि मई दो हजार चौदह में ऑप्टिक फाइबर केबल लगभग तीन सौ अंठावन किलोमीटर तक ही उपलब्ध थे लेकिन पिछले चार वर्षो में ये लगभग दो लाख तीस हजार किलोमीटर तक पहुंचा दिये गये हैं उन्होंने बताया कि करीब साठ प्रतिशत गांव ऑप्टिक फाइबर से जोड़ दिये गये हैं केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने आज कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अंतरिक्ष में पहला मानव युक्त मिशन भेजने के लिए प्ररी तरह तैयार है नई दिल्ली में संवादाताओं से बातचीत करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अंतरिक्ष में पहला मानव युक्त मिशन गगनयान भेजने की घोषणा की थी उन्होंने कहा कि दो हजार बाईस या इससे पहले गगनयान रवाना होगा इसमें किसी भारतीय पुरूष या महिला को अंतरिक्ष में भेजा जायेगा वही इसरो के अध्यक्ष के शिवन ने कहा कि गगनयान से भारत को अपनी विज्ञान और तकनीक की क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी उच्चतम न्यायालय ने देश में राजनीति के अपराधीकरण पर रोक लगाने के लिए फौजदारी मामलों में दोषी ठहराए जाने के पहले ही जनप्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराए जाने से संबंधित याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है इस पर निर्णय बाद में सुनाया जाएगा प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अनेक याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार सहित विभिन्न दलों की दलीलें सुनने के बाद आज अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वह विधायी क्षेत्र में हस्तक्षेप का कोई इरादा नहीं रखता लेकिन मतदाताओं को उम्मीदवार की प्रष्ठभूमि जानने का अधिकार है राज्य सरकार ने फसल सहायता योजना के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाकर इकतीस अक्टूबर कर दी है सहकारिता विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि फसल सहायता योजना के लिए राज्य के किसान इकतीस अक्टूबर तक आवेदन दे सकते हैं फसल सहायता योजना के तहत फसल की क्षति होने की स्थिति में राज्य सरकार मुआवजा देती है राज्य में अब लोक निर्माण विभाग के तहत पन्द्रह लाख तक की लागत वाले कार्य बिना टेंडर के कराये जा सकेंगे इस आशय का फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया कैबिनेट ने उत्क्रमित माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के जून माह के वेतन भूगतान के लिए तीस करोड़ से ज्यादा की राशि मंजूर की है इसके साथ ही कैबिनेट ने आयुष्मान भारत योजना को राज्य में लागू किये जाने को अपनी स्वीकृति प्रदान की है एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने दुरस्थ ग्रामीण आबादी को प्रखंड मुख्यालय तक परिवहन सेवा से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को मंजरी दी है इसके तहत हर पंचायत में प्रखंड तक आने जाने तक के लिए पांच वाहन उपलब्ध कराये जायेंगे रोहतास जिले में स्वच्छ भारत अभियान के तहत खुले में शौच मुक्त अभियान को सफलता दिलाने में महिलाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है पिछले महीने जिले को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट बाईट रोहतास संवाददाता रोहतास जिले को खुले में शौच से मुक्त बनाने में महिलाओं के योगदान की कई कहानियां हैं जो स्वच्छता को लेकर लोगों को प्रेरित कर रही हैं भैंसहा ग्राम पंचायत के बस्तीपुर गांव की निवासी शारदा देवी बताती हैं कि शौचालयों के निर्माण से महिलाओं में स्वाभिमान का भाव जगा है

आकाशवाणी समाचार के लिए सासाराम से ददनजी पांडेय

श्री टंडन ने राष्ट्रपति को अपनी लिखी गई प्रस्तक कहा लखनऊ भी समर्पित किया वहीं राष्ट्रपति ने राज्यपाल को भारतीय संविधान की एक प्रति प्रदान की पटना जिले के मसौढ़ी थाना क्षेत्र के रहमतगंज में दो गूटों के बीच झड़प में गोलीबारी से एक व्यक्ति समेत आठ पुलिसकर्मी घायल हो गया घटना से आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर पर तोड़फोड़ की है मुजफ्फरपुर बालिका गृह दुष्कर्म कांड के विरोध में वामदलों ने आज राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर मानव श्रंखला बनाकर प्रदर्शन किया भाकपा माले सहित विभिन्न वाम दलों और संगठनों के सदस्यों ने सड़कों और चौक चौराहों पर मानव श्रृंखला बनाकर महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध पर रोक लगाने के लिए सरकार से आवश्यक कदम उठाने की मांग की वहीं पटना सासाराम शेखपुरा समस्तीपुर दरभंगा अरवल और मुजफ्फरपुर सहित विभिन्न शहरों में विरोध प्रदर्शन के कारण कुछ देर के लिए वाहनों की आवाजाही बाधित रही शेखप्ररा के जिलाधिकारी योगेन्द्र सिंह ने सरकार के कल्याणकारी कार्यो में कोताही बरतने को लेकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी और आंगनबाड़ी कार्यो के देखरेख करने वाले डीपीओ का वेतन काटते हुए स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया है सारण जिला पुलिस की ओर से चलाये गये विशेष अभियान में हत्या के आरोपी समेत कुल तिरेसठ अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है भागलपुर स्थित विशेष कैंप जेल में एक सजायाफ्ता कैदी की मौत गंभीर बीमारी के कारण हो गई

वहीं जिले के रजौन थाना अंतर्गत भागलपुर रजौन मुख्यमार्ग पर बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक किशोर की मौत हो गयी औरंगाबाद जिले में भारत हेवी इलेक्ट्रिल्स लिमिटेड की ओर से स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आज अकोढ़ा स्टेशन पर साफ सफाई अभियान चलाया गया